केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि केन्द्र सरकार विशेष रूप से उन सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ संपर्क में हैं जहां कोरोना संक्रमण के रोजाना मामलों में बढ़ोतरी हो रही है मंत्रालय का कहना है कि केन्द्र सरकार उनके साथ कोविड नियंत्रण तथा जन स्वास्थ्य उपायों की निरंतर समीक्षा कर रही है मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को उन सभी जिलों में कोविड जांच बढ़ाने की सलाह दी गई है जहां जांच कम कर दी गई थी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए कम से कम बीस व्यक्तियों का बहत्तर घंटे के अंदर पता लगाने तथा गंभीर मामलों में पृथक आवास और शुरूआती उपचार की व्यवस्था करने की भी सलाह दी गई है चिन्हित जिलों के उन इलाकों में निगरानी बढ़ाने तथा कोविड संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है जहां मामले बढ़ रहे हैं गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कल एक ही दिन में कोरोना संक्रमण के एक हजार छियासठ नये मामले सामने आए जिनमें सर्वाधिक रायपुर जिले से तीन सौ दस और दुर्ग में दो सौ इकयासी मरीज मिले प्रदेश में कल चालीस हजार दो सौ तिरासी कोरोना टेस्ट किए गए हर्षवर्धन कोविड टीका केन्द्र सरकार ने कहा है कि कोविड नाइंटीन के टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इसकी क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए आज लोकसभा में एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोई भी टीका कड़े वैज्ञानिक परीक्षण और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों की जांच के बाद ही लगाया जाता है उन्होंने कहा कि देश में कोविड नाइंटीन टीके के मामूली दुष्प्रभाव की खबर है डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से कोविड टीका लगवाने की अपील की लगभग साढ़े तीन चार करोड़ लोगों को डोजेज लग गई हैं इसलिए मैं समझता हूं कि जो चीज सांइटिफिक स्क्रूटनी और विश्लेषण से बाहर आती है और जब उसका इस्तेमाल होता है और सारी दुनिया कर रही है हम देश के लोगों को भी ये कहना चाहते हैं कि वैक्सीन्स के बारे में कोई अपने मन में किसी प्रकार का भ्रम न रखें और आपको जो स्विधा उपलब्ध कराई है भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोद ी जी ने नेतृत्व देकर उस सुविधा को अपने निकट के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाकर और एक फोन से अपनी बुकिंग कराकर आप उस वैक्सीन को लीजिए अपने को सुरक्षित करिए अपने मित्रों को अपने परिवार जनों को समाज में सबको सुरक्षित करने का काम करिए इस बीच देश में अब तक तीन करोड़ तिरानवे लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य जोरशोर से जारी है कल अटहत्तर हजार छह सौ चालीस लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर ने बताया है कि अभी राज्य में पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध है और टीकाकरण की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी उन्होंने बताया कि राज्य को जल्द ही सवा पांच लाख से अधिक डोज की कोरोना वैक्सीन मिलेगी कोरोना कलेक्टर अपील इस बीच द्र्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुजुर्गों के साथ ही युवाओं से भी विशेष सावधानी बरतने की अपील की है

केंद्रीय मंत्री कल शाम रायपुर एयरपोर्ट से एम्स पहुंचेंगे इसके बाद वे ओटी और पेट सीटी मशीन का लोकार्पण करने के बाद एम्स का दौरा करेंगे इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कोविड नाइंटीन के उपचार संबंधी सुविधाओं और इसके वैक्सीनेशन की प्रगति की समीक्षा करेंगे

आकाशवाणी फर्जी ऑफिस छापा राजधानी रायपुर में भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय आउटरीच ब्यूरो और प्रसार भारती के नाम से फर्जी ऑफिस चलाने और फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ है पुलिस ने इस मामले में अभिजीत शर्मा नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है इसके पास से प्रसार भारती गृह मंत्रालय और अन्य विभागों के फर्जी लेटर पैड पर जारी अनेक नियुक्ति पत्र और भारत सरकार की मुहर सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है पुलिस को आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के अधिकारियों की ओर से यह जानकारी दी गई थी कि राजीव नगर इलाके में कोई व्यक्ति भारत सरकार के विभागों के नामों का बोर्ड लगाकर संदिग्ध तरीके से ऑफिस चला रहा है साथ ही आरोपी ने आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों की नाम पट्टिका का बोर्ड भी अपने कार्यालय में लगा रखा था सीएसपी नसर सिद्दीकी ने बताया कि इस पूरे मामले में विस्तार से जांच की जाएगी संदेह है कि आरोपी ने अनेक लोगों को आकाशवाणी प्रसार भारती में भर्ती के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किए हैं पुलिस जांच के बाद इस पूरे मामले का खुलासा होगा

इसके तहत अट्ठारह लाख से अधिक किसानों के खाते में ग्यारह सौ चार करोड़ सत्ताईस लाख रूपये की राशि का भुगतान किया जाएगा वहीं मुख्यमंत्री इक्कीस मार्च को ही गोधन न्याय योजना की पंद्रहवीं और सोलहवीं किश्त के रूप में पशुपालकों के खातों में सात करोड़ पचपन लाख रूपए का भुगतान करेंगे

इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि सीआरपीएफ माओवाद प्रभावित इलाकों में सरकारी नीतियों को अमल में लाने के लिए कृतसंकल्पित होकर काम कर रहा है श्री राय ने कहा कि बल ने झारखंड और छत्तीसगढ़ में माओवाद की आशंका वाले इलाकों में शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त किया है उन्होंने द्र ढतापूर्वक देश की सुरक्षा में तैनात रहने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की सराहना की मौसम प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज बदल गया है और कुछ जिलों में बारिश होने के समाचार मिले हैं मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की है मौसम विभाग के अनुसार एक चक्रीय चक्रवाती धेरा विदर्भ के ऊपर बना हुआ है इसके असर से प्रदेश में दक्षिण और उत्तर पश्चिम से नमीयुक्त और गर्म हवा आ रही है जिसके प्रभाव से आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के मध्य और उत्तर भाग में बादल छाए हुए हैं वहीं राजनांदगांव में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई

मुख्यमंत्री भूपेश बधेल कल बीस मार्च को बाबा गुरू घासीदास की जन्मभूमि और तपोभूमि गिरौदपुरी धाम में आयोजित गुरूदर्शन मेले में शामिल होंगे वहीं मुख्यमंत्री कल राजनांदगांव और बिलासपुर जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे रायपुर में प्रथम वर्चअल कोर्ट और नया न्यायालय भवन तैयार हो गया है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीआर रामचंद्र मेनन कल बीस मार्च को इसका ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जूनियर इंजीनियर परीक्षा दो हजार उन्नीस और दो हजार बीस के साथ ही एसआईइनडीपी सीएपीएफ परीक्षा के अलावा स्टेनो ग्रेड सी एंड डी की परीक्षाएं इक्कीस मार्च से एक अप्रैल तक ली जाएंगी जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा आगामी बाईस मार्च को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा

उम्मीदवारों की कौशल परीक्षा इक्कीस मार्च को जिला चिकित्सालय में ली जाएगी

राजनांदगांव जिले के ठेलकाडीह डोंगरगढ़ मार्ग में आज सिरसाही गांव के पास एक वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया दर्ग के बोरसी क्षेत्र में मरम्मत किए जा रहे मकान का छज्जा गिरने से एक मजदूर दब गया काफी मशक्कत के बाद मजदूर को बाहर निकाला गया घायल मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है

इस दुर्लभ प्रजाति के सांप की अनुमानित कीमत करोड़ों रूपये आंकी गई है